उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति और युवा शक्ति को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए समुचित पोषण बहुत महत्वपूर्ण है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 श्रीमती ईरानी ने इस सुझाव पर कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को इस पर विचार करने के लिए कहेगी ताकि मध्याह भोजन में दूध शामिल किया जा सके गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत अधिक कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश में सघन अभियान चलाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्य्म से उद्घाटन किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देशभर से मिले दो लाख से अधिक लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता बढ़ाएगी

शिक्षा नीति पर अपनी बात रखते हुए श्री सोरेन ने कहा कि आजादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौका है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों की जरूरतें अलग अलग हैं और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण सभी राज्यों के साथ खूले मन से चर्चा होनी चाहिए थी नई शिक्षा नीति में उल्लेखित प्रावधानों पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहत सारे विषयों पर स्पष्टता नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाते हुए हमें अवसर की समानता का जो मौलिक अधिकार है उसे ध्यान में रखना होगा नई शिक्षा नीति को लेकर उच्च शिक्षा में होने वाले बदलाव पर राज्यपाल सह कुलाधिपतिओं के सम्मेलन में आज विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉ मुकल नारायण देव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए कलपति डॉ मुकल नारायण देव ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री शिक्षाविदों सहित अन्य के विचार सुने कुलपति ने कहा कि इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है यह बच्चों के मानसिक विकास और उसकी प्रतिभा को तराशने में बेहतर साबित होगा उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा कभी भी छोड़ सकता है और बाद में इस शिक्षा में वही से फिर शामिल हो सकता है कुलपति ने यह भी कहा कि इसमें स्ट्रीम का कोई प्रावधान नहीं है छात्रों को अपनी रूचि के अनुसार विषय चयन में सुविधा होगी

राजधानी रांची में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले कई दिनो से रोज एक सौ से अधिक कोरोना संकमित मिल रहे हैं

कोरोना मरीज मिलने के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति रांची और जमशेदपुर की है

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने घोषणा की है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोरोना वायरस के टीके के विकसित होने के बाद सभी देशों को तेजी से उसकी आपूर्ति की जाए यह कोष विश्व में विभिन्न प्रकार के टीकों का सबसे बड़ा खरीददार है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सौ देशों के लिए करीब दो करोड़ टीकों की खरीद करता है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

सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पहले से भी ज्यादा कारगर होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में विकास की गति रूक गई है

जेपी नड्डा आज प्रदेश भाजपा की नवनिर्वाचित कार्यसमिति की बैठक को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे

मंत्री श्री भोक्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य पीछे चला गया है तथा विकास की गति पिछड़ गई है उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति होने पर क्षेत्र का चहमुखी विकास किया जाएगा नीले आकाश के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आज द्रनियाभर में मनाया जा रहा है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 संयुक्त राष्ट्र महासचिव अन्तोनियो गुतेरेस ने वायु प्रद्षण के खतरों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का आग्रह किया जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज शिकायत याचिका पर सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है इस मामले में नौ सितंबर से सुनवाई होगी आज योग टीचर की ओर से दाखिल की गई याचिका पर उनके वकील की ओर से बहस की गई

एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने उसके पहनावा को धर्म के खिलाफ बताया था उन्होंने योग शिक्षिका के पहनावे पर भी अश्लील टिप्पणी की थी इसे लेकर योग टीचर की ओर से शिकायतवाद दर्ज कराया गया था राजधानी रांची में आज दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक बादलों की तेज गरज के साथ अच्छी बारिश हुई करीब एक घंटे तक हुई वर्षा के बाद शहर के अधिकतर मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई

लोहरदगा जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो चुका है आज उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया